प्रधानमंत्री आज दिन में ग्यारह बजे परीक्षा पर चर्चा की दूसरी कड़ी में विद्यार्थियों के साथ करेंगे बातचीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बस्ती जनपद में बस्ती महोत्सव का किया शुभारम्भ कहा इस महोत्सव के द्वारा लोगों को सरकारी योजनाओं के साथ साथ बस्ती के इतिहास और संस्कृति की भी मिलेगी जानकारी

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना देश के दुश्मनों को माकूल जवाब दे रही है नई दिल्ली में कल एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर की समापन परेड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्ष में देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं उन्होंने कहा कि भारत नाभिकीय त्रय वाले गिने चुने देशों में शामिल हो गया है बीते साढ़े चार वर्षों में देश के रक्षा और सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिये गये साथियों भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है जिसके पास जल थल और नभ से परमाणु हमले और आत्मरक्षा करने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नये भारत में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं हो सकती प्रधानमंत्री ने कैडेटों से आग्रह किया कि वे सभी प्रकार की नकारात्मकता को भुलाकर अपनी और देश की बेहतरी के लिए काम करे किसी भी देरा का बड़ा बनना आगे बढ़ना इस बात पर निर्मर है कि वहां की समाज व्यवस्था में एकता का सूत्र कैसे बंधे हुए है लोग उस राष्ट्रीय प्रगति का दूसरा आधार है वो कितना आशावादी है कितनी आकांक्षाओं से भरा हुआ है आज मैं गर्व के साथ कहता हूं सवा सौ करोड़ हिन्दुस्तानी नई आशा उमंग और आकांक्षाओं से भरे हुए है और इसके कारण मुझे लगता है कि मेरा देश नई ऊंचाईयों को पार करके रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को अवसर उपलब्ध कराने और कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गये है उन्होंने कहा कि पहली बार महिलायें भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनी हैं प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेटों से आगामी चुनाव में वोट डालने के लिए युवाओं को प्रेरित करने का आग्रह भी किया इससे पहले थलसेना नौसेना और वायुसेना के कैडटों ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जिसके बाद ट्रुड़ियों ने मार्चपास्ट किया प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कैडटों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए उत्तीस राज्यों और सात केन्द्रशासित प्रदेशों से छ सौ अन्ठानबे महिला कैडटों सहित कुल दो हजार सत्तर कैडटों ने इसमें हिस्सा लिया रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन भी इस अवसर पर उपस्थित थीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पर चर्चा की दूसरी कड़ी में आज पूर्वान्ह ग्यारह बजे देश भर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत और अनुभव साझा करेंगे प्रधानमंत्री विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चे बिना किसी दबाव और तनाव के परीक्षा दे सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये एक वैश्विक कार्यक्रम होगा उन्होंने बताया कि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे और कार्यक्रम का प्रसारण भी कई देशों में होगा

रशिया में दोहा में ईरान में कतर में कुर्वैत में नाइजीरिया में और साउथ ईस्ट एशिया में सभी जगह ये नौ देशों से ज्यादा देशों में यह कार्यक्रम प्रसारित होगा और एक साथ लोग देखेंगे इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी पर यह कार्यक्रम कल दस बजकर पचपन मिनट से सभी एफ एम रैनबो चैनलों और आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों सहित राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि छात्रों के आकलन का प्रारूप ऑफ लाइन होगा भारत आज विश्व भर के छात्रों के लिए शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र बनकर उमरा है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आई सी सी आर में प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों को पुरस्कार प्रदान करते हुए ये बात कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बस्ती जनपद में बस्ती महोत्सव का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने चौंतीस करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि इस महोत्सव के द्वारा लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ बस्ती जनपद के इतिहास और संस्कृति की भी जानकारी मिलेगी उन्होंने कहा कि बस्ती का एक सौ पचास वर्ष पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस को समात करने के लिये पिछले वर्ष अड़तीस जनपदों में विशेष अभियान चलाया गया था इस वर्ष भी यह अभियान चलाया जायेगा

हम लोगों ने विगत डेढ वर्ष के दौरान अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये है और ये कार्यक्रम इसबार पूनः प्रारम्भ होने जा रहा है

इस अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने कहा कि बस्ती जनपद को स्वास्थ्य सुविघाओं का हब बनाया जायेगा क्योंकि यह जनपद इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से काफी संवेदनशील है केन्द्रीय विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने उच्चतम न्यायालय से एक बार फिर आग्रह किया कि वह अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई शीघ्र करे उन्हॉने कहा कि अगर शबरीमाला मामले में ऐसा हो सकता है तो लंबे समय से विचाराधीन अयोध्या मामले में भी यह संभव है श्री प्रसाद ने पटना में कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग अयोध्या में मंदिर का निर्माण और उच्चतम न्यायालय में इस मामले की जल्दी सुनवाई चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा जिले में परसों बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस के सिपाही हर्ष कुमार की मृत्य पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने शहीद कांस्टेबिल की पली को चालीस लाख रूपये तथा माता पिता को दस लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की है शहीद की पत्नी को असाधारण पॅशन तथा परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है गौरतलब है कि मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के इन्द्रपुर गांव में बीती रात बदमाशों से हुई मुठभेड़ में सिपाही की मौत हो गई तथा जवाबी कार्रवाई में एक हिस्ट्रीशीटर शिवक्मार उर्फ शिविया भी मारा गया शहीद हर्ष क्मार हाथरस जनपद के रहने वाले थे प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहन के चलते इस वर्ष गन्ना बोआई क्षेत्रफल में पिछले वर्ष के मुकाबले बाईस प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह बाईस लाख हेक्टेयर हो गया है जिससे चालू वर्ष के दौरान दो हजार एक सौ इकतीस लाख टन गन्ना उत्पादन की संभावना है यह उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले सत्रह प्रतिशत अधिक होगा यह जानकारी देते हुए गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का शत प्रतिशत समय से भुगतान कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर है उन्होंने बताया कि गत पेराई सत्र दो हजार सत्रह अट्ठारह के देय गन्ना मूल्य पैंतीस हजार चार सौ तिरसठ करोड़ के सापेक्ष चौंतीस हजार दो सौ तिरपन करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया गया है मात्र एक हजार दो सौ दस करोड़ अवशेष है जिसे शीघ्र कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि भुगतान न करने वाली मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है कृशीनगर जिले के हेतिमपुर क्षेत्र में कल वायुसेना का एक लड़ाकू विमान जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हो गया लेकिन विमान के जमीन पर गिरने से पहले ही पायलट पैराशुट के सहारे कूद कर बच गया सुचना मिलते ही मौके पर वायू सेना व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहंच गये घायल पायलट को इलाज के लिये ले जाया गया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जमीन पर गिरने के पूर्व ही विमान में विस्फोट के साथ आग लग गई जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वायुसेना का यह विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है जांच के लिये कोर्ट ऑफ इंक्वारी का आदेश दिया गया है